राज्यपाल ने परश्राम कूंड के धार्मिक महत्व को रेंखाकित करते हुए कहा कि इस पवित्र स्थान पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्वाल् कंड के दर्शन और पर्यटक इस मनोरम स्थान को देखने के लिए आते है वही मकर संक्रांति के दैरान बड़ी संख्या में लोग क्ंड के किनारे लोहित नदी में पवित्र ड्बकी लगाते है राज्यपाल ने इस स्थान को श्रद्धालुओ की स्विधा के अन्सार विकसित करने पर जोर देते हए कहा कि इस स्थल की पवित्रता को बनाएं रखते हए विकास कार्य् को संचालित किया जाए राज्यपाल ने क्ंड के विकास के लिए प्रस्तावित राज्य सरकार की परियोजना को समय से पूरा किए जाने पर बल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए लगभग सैंतीस करोड़ सत्तासी लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थल स्थानीय लोगो की आजीविका में मददगार होने के साथ साथ यहां के स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देगा राज्यपाल ने चर्चा के दौरान कहा कि इस परियोजना की मदद से पर्यटको विशेषकर वरिष्ठ श्रद्वाल्ओ के लिए बेहतर और स्रक्षित आवासीय स्विधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी राज्यपाल ने परियोजना के लिए जारी धनराशि का योजना के अन्रुप उपयोग पर जोर देते हुए पी डब्लू डी के मुख्य अभियंता को परियोजना के क्रियान्वयन में जरुरी सहायता उपलब्ध कराने को कहा पर्यटन मंत्री नाकप नालो ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन की वे स्वयं देखरेख करेंगे उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा

इसका उद्देश्य कोविड टीकाकरण श्रु होने से पहले आवश्यक तैयारियों की समीक्षा और स्वास्थ्य कर्मियो को टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित करना है इधर पोलियो टीकाकरण अभियान सत्रह से उन्नीस जनवरी तक चलेगा तामिलनाड् में कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने संवादादताओ को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्म्लन करेगी स्वास्थ्य मंत्री टीकाकरण की तैयारियों को देखने के लिए आज चेन्नई और कांचीप्रम के विभिन्न स्वास्थ केंद्रों का दौरा किया

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर उन्यासी रह गई है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है ग्रुवार को दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईस्ट सियांग जिले से दो वेस्ट कामेंग और तिरप जिले से एक एक मामले शामिल है

संघ ने राज्य सरकार से अरुणाचल भवन में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियो की निय्क्ति करने का आग्रह किया है ए पी एस यू एम के अध्यक्ष तापो रियांग ने कहा कि कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले राज्य के लोगो को अरणाचल भवन के कार्यरत न होने से म्श्किलो का सामना करना पड़ रहा है संघ ने पढ़ाई और इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने वाले प्रदेश के लोगो के हित में राज्य सरकार से उनकी मांगो पर त्वरित गति से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है